राज्य में मृत्यू दर इस महीने एक प्रतिशत से कम रही है जयपुर जोधपुर कोटा और उदयपुर के बाद अब बीकानेर में भी प्लाज्मा थैरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है सरकार शेष बचे सभी मेडिकल कॉलेजों में भी प्लाज्मा थैरेपी से कोरोना मरीजों का उपचार शुरू करने के प्रयास कर रही है स्वास्थ्य विभाग ने कल प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों को कोरोना के गंभीर रोगियों के उपचार के लिए चिन्हित किया है प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से चार से छह जिले संबद्ध किये गये हैं यहां कोरोना मरीजों के हर तरह के इलाज की व्यवस्था होगी प्रदेश में आगामी एक सितम्बर से सभी धार्भिक स्थल आमजन के लिए खोले जा सकेंगे

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग और हैल्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्राम रक्षक पुलिस और जनता के बीच सेतू का काम करेंगे जिससे पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और बढेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी को नैतिकता के आधार पर पदत्याग कर देना चाहिए डॉ पूनिया ने कल जयपूर में पत्रकारों से कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत की बातचीत के वीडियो से स्पष्ट हो गया कि संवैधानिक संस्थाए किसके दबाव में हैं विधानसभा अध्यक्ष को सरकार बचाने की ज्यादा चिंता है उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव पूरी तरह प्रदर्शित हो रहा है जो संवैधानिक दायित्व पर बैठे व्यक्ति के आचरण के बिल्कुल खिलाफ है आज पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती है इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर उन्हें श्रद्वांजलि दी है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दी जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे केन्द्र शासित प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने छोटे पैमाने पर खनिज पदार्थों के खनन के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है

रक्षाबंधन का पर्व तीन अगस्त को मनाया जाएगा इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है उधर बीकानेर में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार की गई आकर्षक राखियों की प्रदर्शनी और कल संस्थान परिसर में आयोजित की गई

प्रदेश में बारिश का दौर जारी है